राजभवन से लेकर जिलों तक में होगें विशेष आयोजन

अगले चौबीस घण्टों में भी कई जिलों में बारिश होने की संभावना

इस बैठक में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि विक्रय संबंधी कलेक्टर गाइडलाइन की दरों में कमी और स्टाम्प ड्यूटी को भी कम करने का निर्णय लिया गया इससे रियल इस्टेट सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना हैं इसके साथ ही किसानों को शन्य प्रतिशत ब्याज और अल्पावधि फसल के लिए कर्ज के भुगतान की अवधि बढाने का निर्णय लिया गया

मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि ड्रग और रेगुलेटरी के अंतर्गत ग्वालियर इंदौर और जबलपुर में प्रयोगशालायें खोली जायेंगी बैठक में वन विभाग में वेन्य प्राणी विशेषज्ञ के पद को भी स्वीकृति प्रदान की गई तोमर केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार देश में खाद्यान्न की बढती जरुरतों को पूरा करने तथा किसानों की आय बढाने के लिए वर्षा आधारित कृषि प्रणाली को मजबूत बनायेगी और इसके लिए आध्रनिकतम तकनीक का उपयोग करेगी श्री तोमर ने आज संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि फसलों की भरपुर पैदावार लेने के लिए आध्रनिकतम तकनीक का उपयोग किया जायेगा तथा इन क्षेत्रों के लिए यैज्ञानिक तौर पर उचित फसलों की पहचान कर उसकी खेती को प्रोत्साहन दिया जायेगा उन्होंने कहा कि खेतों में अंधाधंध रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को रोकने तथा संतुलित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग के प्रति किसानों में जागरुकता लाने के लिए पहले से ही मुदा परीक्षण अभियान चलाया जा रहा है एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर संसद में प्रतिनिधित्व रखने वाले राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ आज नई दिल्ली में बैठक सम्पन्न हई

इसके साथ ही संसद की कार्यक्षमता बढ़ाने और आकांक्षी जिलों के विकास जैसे अनेक मुददों पर भी चर्चा हई

साथ ही शहर के एक बड़े इलाके में सूखे ट्यूबवेल और हैण्ड पम्प भू जल स्तर बढ़ने के कारण पुनः चालू हो सकेंगे

सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योग मंत्रालय के आधिकारिक सुत्रों ने बताया कि छोटे उद्योग धंधों पर यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा सम्मेलन में लघ् उद्योगों का विकास और उन्हें प्रोत्साहित करने के तौर तरीकों पर चर्चा होगी सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे उद्योगों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा शिवराज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मासुम बेटियों के साथ दृष्कर्म करने वाले दरिंदों को कडी से कडी सजा दी जानी चाहिये उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए मोहल्ला समिति बनाई जायेंगी और सात जुलाई को बेटी बचाओ मार्च निकाला जायेगा श्री चौहान ने इस मार्च में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की वे आज राजधानी के मानस भवन में बेटी बचाओ अभियान से संबंधित बैठक को संबोधित कर रहे थे

वहीं सुचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो और पत्र सुचना कार्यालय भोपाल द्वारा गौतम नगर स्थित आर्य भवन में योग शिविर का आयोजन किया जायेगा हमारे सागर संवाददाता ने बताया है कि जिले में योग दिवस को लेकर लोगों में उत्साह है कई संस्थायें इसकी तैयारियां कर रही हैं

टीवी चैनल करार भारत में सरकारी डिजिटल टेलीविजन प्लेटफार्म फ्री डिश पर बांग्लादेश का चैनल बी टीवी वर्ल्ड और दक्षिण कोरिया का चैनल केबीएस वर्ल्ड देखा जा सकेगा जबकि इन देशों में द्रदर्शन का अंतर्राष्ट्रीय चैनल डीडी इण्डिया प्रसारित किया जायेगा यह जानकारी केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी